मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल से आठ मई तक गांवों में कोविंड जांच का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं इसके तहत राज्य के सत्तानवे हजार से अधिक राजस्व गांवों में कोविड की जांच और कोविड मरीजों के सम्पर्क में आये लोगों का पता लगाने के लिये अभियान संचालित किया जायेगा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम और निगरानी समितियां एन्टीजन किट के साथ घर घर जायेंगी अगर किसी व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिखाई देंगे तो उन्हें मेडिकल किट उपलब्य करायी जायेगी प्रदेश में मौजुदा कोरोना कफर्यू की अवधि दो दिन और बढ़ा दी गई है यह कफर्यू जो मंगलवार की सुबह यानी कल सात बजे समाप्त होने वाला था अब ब्रहस्पतिवार सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है राज्य सरकार ने कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए यह फैसला किया है प्रदेश में आज फिर कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या नए मरीजों की संख्या से अधिक है

इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है

इस बीच प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से चलाया जा रहा है

इस समय प्रदेश के सात जिलों लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी गोरखपूर मेरठ और बरेली में यह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश सरकार कोविड टीकों की आपूर्ति होते ही अन्य जिलों में भी टीकाकरण का यह अभियान संचालित करेगी

देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच आज क्छ राहत की खबर है

लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में तीन लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं

भारतीय रेलवे देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहंचाकर लगातार लोगों को राहत पहंचा रही है

ये रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तेलंगाना हरियाणा और दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही हैं आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष तीन मई को यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है सूचना से जनकल्याण जो जनहित कार्यो में सूचना के महत्व को दर्शाता है इस बीच विहार सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति का कोरोना योद्वा घोषित किया है कोविड महामारी की खबरों को कवर करने में जोखिम को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने भी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति का कोरोना योद्वा घोषित किया है